स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर सैंतालीस प्रतिशत पर पहुंची

प्रदेश के बीस जिलों में घर घर सर्वे का काम हुआ पूरा

बिहार के तीन जिले मधेप्रा गया और वैशाली कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं यहां के सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर सैंतालीस पर पहुंच गया है यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से सत्रह प्रतिशत से अधिक है कुल दो सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो घर लौट चुके हैं वहीं संक्रमण से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है इधर आज खगड़िया सुपौल और सहरसा जिले में कोविड उन्नीस के नये मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश के छत्तीस जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके है सिर्फ दो जिले मुजफ्फरपुर और जमुई में कोविड उन्नीस का कोई मामला नहीं है आज कोरोना संक्रमण के उन्नीस नये मामले सामने आने को साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ उनहत्तर हो गयी है समस्तीपुर जिले के हसनपूर और रोसड़ा से छह मामले सामने आये हैं ये सभी एक साथ कोलकाता से लौटे थे और क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे थे वहीं दरभंगा से चार खगड़िया से चार सहरसा के सौर बाजार से दो और पूर्वी चंपारण सुपौल के बलुआ बाजार तथा कटिहार के गेड़ाबाड़ी से एक एक मामला सामने आया है बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की रैंडम जांच करवायी जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रतिदिन एक हजार मजदूरों की जांच का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि रेड जोन से लौटे मजदूरों की सबसे पहले जांच होगी ऑरेंज जोन से लौटे मजदूरों की उसके बाद और ग्रीन जोन से लौटे मजदूरों की सबसे अंत में जांच करवायी जायेगी उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के रेड से ऑरेंज जोन में जाने वालों की भी रेंडम जांच करवायी जायेगी प्रदेश के बीस जिलों में घर घर सर्वे का काम पूरा हो चुका है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अररिया अरवल बांका बेगूसराय भोजपुर बक्सर गया गोपालगंज जमुई खगड़िया लखीसराय मधेपुरा सहरसा नालंदा नवादा रोहतास सारण शेखपुरा सिवान और वैशाली जिले में सर्वे कार्य संपन्न हो चुका है उन्होंने बताया कि अब तक दस करोड़ चौंतीस लाख लोगों से जानकारियां जुटायी गयी हैं सर्दी खांसी और बुखार वाले तीन हजार आठ सौ अड़तालीस लोगों की पहचान हुई है उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान संदिग्धों के सैंपल एकत्र करने का काम जारी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की दर देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम है श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में जो भी पॉजिटिव मामले आये हैं वो देशभर के पॉजिटिव मामलों का मात्र एक दशमलव एक पांच प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि सोमवार से पटना के पीएमसीएच में मीडियाकर्मियों की जांच की व्यवस्था की गयी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह उनतीस दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गया है

इनमें से सोलह हजार पांच सौ चालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सत्रह सौ छियासी लोगों की मृत्यु हुई है

बाईट डॉ संजय पांडेय कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल हैं वहां मिलें अपनी जांच कराएं और जांच कराने पर अगर कोरोना आता भी है तो उससे कोई पैनिक या बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इनमें से ग्यारह ट्रेन से कोटा में फंसे बिहार के सभी छात्रों को वापस लाया गया उन्होंने बताया कि ऐसे छात्रों की संख्या तेरह हजार चार सौ तिहत्तर है श्री अग्रवाल ने बताया कि कोटा से आने वाली ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने रेलवे को प्रति ट्रेन सात लाख रुपये की दर से सतहत्तर लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया है इधर आज बीस हजार छह सौ उनतीस प्रवासी कामगारों और छात्रों समेत अन्य लोगों को लेकर सत्रह ट्रेन राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची सबसे अधिक चार ट्रेन गुजरात से जबकि तीन तीन ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आयी है वहीं हरियाणा पंजाब और राजस्थान से दो दो ट्रेनं प्रवासी लोगों को लेकर बिहार पहुंची इसके अलावा एक ट्रेन महाराष्ट्र से आयी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कल तीन विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से बिहार के दो हजार चार सौ प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उन्होंने कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक मजदूरों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है उन्होंने कहा कि एक हजार दो सौ प्रवासी मजदूरों को बिहार के लिए अम्बाला कैन्ट से रवाना किया गया जिसमें कटिहार सहरसा मधेपुरा सुपौल अररिया और पूर्णिया के लोग शामिल हैं इसी तरह से दूसरी रेलगाड़ी हिसार से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की गई जिसमें बारह सौ यात्री थे खगड़िया से आज ढ़ाई सौ मजदूर तेलंगाना के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए हमारे संवाददाता ने बताया कि तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर मजदूरों को रवाना किया गया इन सभी का किराया तेलंगाना सरकार ने भुगतान किया है इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार के पन्द्रह साल के कार्यकाल में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा जिस कारण प्रदेश से मजद्रों का पलायन हो रहा है नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन में विकसित राज्यों को बिहार की श्रम शक्ति का एहसास हुआ है और इसी का परिणाम है कि कर्नाटक सरकार ने श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की है

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को भी स्वदेश लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है

सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इनमें सबसे अधिक छह सौ बत्तीस लोग यूक्रेन से हैं चार सौ अस्सी बांग्लादेश और तीन सौ साठ ओमान में फंसे लोगों ने भी निबंधन करवाया है उन्होंने बताया कि अभी इनकी वापसी की तिथि तय नहीं हुई है श्री कुमार ने कहा कि ये सभी गया हवाई अड्डे पर आयेंगे और उन्हें गया में ही क्वारेंटीन किया जायेगा राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से निजी बस रिजर्व करके बिहार आ रहे छात्रों और कामगारों को राज्य सरकार किसी प्रकार का किराया नहीं देगी परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मीडिया की उन खबरों को बेबुनियाद बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे लोगों को बस भाड़ा उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि सिर्फ रेल से आने वाले यात्रियों को ही राज्य सरकार किराया उपलब्ध करा रही है राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए पंचायत स्तर पर क्वारेंटीन केन्द्रों को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इन केन्द्रों में सभी मुलभूत सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि कामगारों के कौशल सर्वे के अन्रूरप विभिन्न विभागों को रोजगार सुजन की तैयारी करने को भी कहा गया है कृषि विभाग से जुड़े एक फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फरवरी मार्च और अप्रैल महीने में बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति की भरपाई के लिए कृषि अनपुट अनुदान के मद में छह सौ तीस करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनकी जीवन आसान हुआ है

एक हजार नौ सौ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं जबकि एक हजार नौ सौ तिरेपन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इकसठ हजार नौ सौ सतहत्तर वाहन भी जब्त किये गये हैं

स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर सैंतालीस प्रतिशत पर पहुंची

प्रदेश के बीस जिलों में घर घर सर्वे का काम हुआ पूरा